राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की

इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना नवहर्ष और नव निर्माण सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति का द्रास में शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने का पहले निर्धारित कार्यक्रम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने करगिल विजय दिवस पर देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में करगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी है ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें अपने सैनिकों के साहस वीरता और समर्पण की याद दिलाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा में भी रक्षामंत्री ने शहीदों को नमन किया राज्यसभा में भी करगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई स्लग सेना प्रमुखों की श्रद्धांजलि पहली बार एकसाथ तीनों सेना प्रमुख थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने आठवीं माउंटेन डिवीजन की स्मृति में सैन्य डाक टिकट जारी किया है

विजय मशाल ग्यारह शहरों से गुजरते हुए द्रास में करगिल युद्ध स्मारक तक पहुंची जहां इसे अमर जवान ज्योति में समाहित कर दिया गया देहरादून में भी करगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

इस शौर्य स्थल में देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों का नाम होगा इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है करगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के जवानों ने देश की रक्षा के लिए सभी युद्धों में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत की थल सेना वायु सेना और नौसेना आज हर मोर्चे पर अग्रिम स्थिति में है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों की हर संभव मदद करेगी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव नोडल आफिसर होंगे सैनिकों के लिए सचिवालय में प्रवेश के लिए उनका सेना का पहचान पत्र मान्य होगा उन्हें अलग से लाईन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पदक विजेता सैन्य अधिकारियों सैनिकों सैनिकों के परिवारजनों और वीरनारियों को सम्मानित भी किया

इस मौके पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों किसानों मजदूरों को विकास की मुख्यधारा में लाने की योजना तैयार की है इसके अलावा जल से लेकर चंद्र तक योजनाएं बनी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया

विधानसभा में परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों की बैठक लेते हुए परिवहन मंत्री ने इन नई बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये

परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि वह परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए हरसंभव प्रयास करें उन्होंने अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाने की सलाह दी उन्होंने अधिकारियों को फिजूल खर्च पर रोक लगाने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में मांग के अनुरूप अन्य रूट पर बस की सुविधा दी जायेगी

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के पहल पर अयोग्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी इसके लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जायेगा

हरिद्वार में करगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में हरिद्वार तहसील परीसर में जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी ने पौधरोपण किया गौरतलब है कि कारगिल युद्ध में हरिद्वार के रहने वाले राइफलमैन मान सिंह ने शहादत दी थी आज उन्हें बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए स्लग विजय दिवस नैनीताल नैनीताल जिले में विजय दिवस का मुख्य समारोह शहीद पार्क और नगर निगम परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम में गणमान्यों ने करगिल शहीदों के स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित किए साथ ही दो मिनट का मौन रख करगिल शहीदों को श्रद्दांजलि दी गई करगिल युद्ध में जिले के पांच जवानों ने शहादत दी थी कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया

जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल सुबह दस बजे झण्डारोहण किया इसके बाद उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी को वीर शहीदों से सीख लेनी होगी और अपने कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना होगा यही वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्वाजंलि होगी वहीं मुख्य समारोह में अधिकारियों कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्दासुमन अर्पित किये गये इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए करगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया करगिल युद्ध में रूद्रप्रयाग जिले के भी तीन जवान शहीद हुए थे

स्लग करगिल विजय दिवस चमोली चमोली जिले में भी करगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए जिला पंचायत परिसर में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने करगिल अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यपर्ण करते हुए श्रद्वासुमन अर्पित किये जवानों ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सलामी दी इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर कारगिल शहीदों को श्रद्वाजंलि दी गई शौर्य दिवस पर जिले में ब्लाक स्तरों पर भी कार्यक्रम हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाल कर अमर शहीदों के बलिदान को याद किया मुख्य कार्यक्रम में अमर शहीद राइफलमैन सतीश चन्द्र के पिता महेशानन्द सिपाही हिम्मत सिंह के पिता बलबन्त सिंह नायक आनन्द सिंह की पत्नी देवश्वरी देवी और नायक कृपाल सिंह की पत्नी विमला देवी को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में उपस्थित कारगिल युद्व में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया

स्लग विजय दिवस उत्तरकाशी टिहरी उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में करगिल शहीद दिनेश चन्द कुमाई को जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्वांजलि अर्पित की शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया करगिल शहीद की माता कैलाशी देवी को को सम्मानित भी किया गया इस अवसर पर शहीद दिनेश चंद कुमाई से संबंधित लघु फिल्म भी दिखाई गई उधर नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई इसके बाद वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया स्लग विजय दिवस अल्मोड़ा करगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा कैंट में वीर सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान सेना प्रशासन पुलिस और राजनेताओं ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्वांजली दी विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने करगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया

स्लग विजय दिवस पौड़ी पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शहीदों के फोटो पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्वांजलि दी गई इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने शहर में रैली निकाली वहीं पुलिस बल द्वारा शहीद सैनिकों की स्मृति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस दौरान करगिल शहीद नायक मंगत सिंह के बेटे नीरज भण्डारी और शहीद राइफल मैन कुलदीप सिंह की माता कमला देवी को सम्मानित किया गया